जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पटियाला हाऊसकोर्ट में ख्लासा किया है कि जांच के दौरान इटली के नागरिक मिशैल ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने बड़े नेताओं को बचाने के लिए सच्चाई छपाने की साजिश की थी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहचान आज विश्व शक्ति के रूप में बनी है और देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है

सांसद वीरेन्द्र कश्यप द्वारा आज लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी

गोविन्द राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मद्देनजर प्रदेश में आधुनिक चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रही है ताकि चालकों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके

इस बीच वन मंत्री ने आज कुल्लू जिले के कसोल में वन विभाग के नेचरपार्क का उद्घाटन भी किया शुभकामनाएं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की पूर्व संध्या पर बधाई दी है

उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक बुराईयां दूर करने और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आगे आने का आहवान किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के संतुलित व तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार व लोगों के सहयोग से आने वाले समय में प्रदेश सभी क्षेत्रों में विकास की नई उंचाईयों को छुएगा सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि विद्यालयों में आवश्यक अधोसंरचना सृजित करने के अलावा अध्यापकों के खाली पद भरने पर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है सोलन विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुग्गाघाट के सालाना समारोह की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही

पहली उड़ान भुंतर तांदी डाइट भुंतर दूसरी उड़ान भुंतर उदयपुर भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर तांदी डाइट भुंतर के बीच भरी जाएगी ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी